राज्य सरकार ने महिलाओं को पचास लाख रुपए तक की परिसंपत्ति का एक रुपए की टोकन मनी में निबंधन कराए जाने की छूट वापस ले ली है भू राजस्व और निबंधन विभाग द्वारा इससे संबंधित अधिसुचना जारी कर दी गई है विभाग के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से सरकार की राजस्व वसूली प्रभावित हो रही है हेमंत सरकार के इस फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महिला विरोधी बताया हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सषक्त बनाने के लिए संपत्ति के निबंधन पर एक रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया था वर्तमान सरकार द्वारा इसे बंद करना उसके महिला सषक्तीकरण विरोधी चरित्र को उजागर करता है उधर निबंधन महानिरीक्षक विप्रा भाल ने जमीन और संपत्तियों का निबंधन फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है इसके तहत कोरोना संकट को देखते हुए निबंधन कार्यालयों में प्रतिदिन अधिकतम चालीस दस्तावेजों का ही निबंधन किया जाएगा इस दौरान दफ्तर में सिर्फ अनुमति प्राप्त पक्षकारों और गवाहों को प्रवेश की अनुमति होगी निबंधन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा निबंधन कार्यालय में प्रवेश करने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा बायोमीट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करने के पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा इसके अलावा निबंधन कार्यालय के सभी कर्मियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्प को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए निबंधन कार्यालयों में उन्नीस मार्च से संपत्तियों के निबंधन पर रोक लगा दी गई थी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से भी वापस लाया जाएगा इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनूमति मांगी गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों विद्यार्थियों पर्येटकों तथा अन्य लोगों को विशेष ट्रेनों और बसों से वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है इसे लेकर राज्य सरकार अबतक एक सौ दस ट्रेनों को एनओसी दे चुकी है इसमें से लगभग पचास ट्रेनों से करीब साठ हजार श्रमिक वापस लौट चुके हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में झारखंड के लगभग सात लाख मजदूर फंसे हुए हैं इन्हें लाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से और अधिक विशेष ट्रेन झारखंड के लिए चलाने का आग्रह किया गया है ताकि इन सभी मजदूरो को सूरक्षित वापस लाया जा सके मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने तैयारियां र्तज कर दी हैं मनरेगा के अलावा हुनर के आधार पर मजदूरो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सूची तैयार की जाएगी मुख्य सचिव ने कल सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में कहा कि दूसरे राज्यों से लौटने वाले सभी श्रमिकों विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को हर हाल में चौदह दिनों तक क्वारेंटाइन में रहना सुनिश्चित करें उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि प्रवासी श्रमिकों की पहचान कर उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर और विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को होम कोरेंटाइन में रखा जाए उन्होंने क्वारेंटाइन केंद्रों में व्यवस्था को बेहतर करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया केंद्र सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक लाख तिरसठ हजार करोड रुपये के पैकेज की घोषणा की है इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने किसानों के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है बीस लाख करोड रुपये के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकर ने यह घोषणा की श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार किसानों कृषि उपज संगठनों प्राथमिक सहकारी संगठनों कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए एक लाख करोड रुपये देगी वित्त राज्य मंत्री अन्रराग ठाक्र ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए दस हजार करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की श्री ठाकर ने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी इसके लिए बीस हजार करोड रूपये का प्रावधान किया गया है इसके अलावा मवेशियों के टीकॉकरण के लिए तेरह हजार तीन सौ तैतालीस करोड़ रुपए और डेयरी प्रसंस्करण के लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपये के पश्पालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है वहीं हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए चार हजार करोड़ मध्यमक्खी पालन के लिए पांच सौ करोड रुपये का आवंटन किया गया है सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को आपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है इसके लिए पांच सौ करोड रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई पैकेजों की घोषणा से किसानों को नई ताकत मिलेगी यह किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को भी पूरा करने की दिषा में बड़ा कदम साबित होगा श्री मुंडा ने कहा कि इस पैकेज में आदिवासी समुदाय के लिए भी कई अवसर उपलब्ध हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड ने पोटाश म्यूरिएट की कीमत मौजुदा उन्नीस हजार रुपये प्रति टन से घटाकर सत्रह हजार पांच सौ रुपये प्रति टन करने का फैसला किया है रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि इससे वर्तमान परिस्थितियों में छोटे और मझोले किसानों को बहुत फायदा होगा इससे कृषि उत्पादन बढ़गा और किसानों की आय में वृद्धि होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट सीएसआर नेट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख इक्तीस मई तक के लिए बढा दी है इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि सोलह मई थी लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया

राज्य में कल बारह नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए इनमें हजारीबाग से छह गढ़वा में चार और पूर्वी सिंहभूम तथा धनबाद से एक एक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या दो सौ पंद्रह हो चुकी है इसमें रांची में एक सौ दो बोकारो में दस हजारीबाग में चौबीस धनबाद में पांच गिरिडीह में दस गढ़वा में सताइस पलामू में पंद्रह कोडरमा में छह सिमडेगा में दो देवघर में चार जामताड़ा में दो दुमका में दो पूर्वी सिंहभूम में चार और गोड्डा और लातेहार में एक एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है इन संक्रमितों में तीन की मौत हो चुकी है जबकि संतान्वे मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं हजारीबाग जिले में मिले कोरोना संक्रमितों में तीन विष्णुगढ प्रखंड के बारा गांव के रहने वाले हैं वे सभी सात मई को मुंबई से हजारीबाग आए थे

इसके अलावा एक व्यक्ति बरकट्ठा का है इन सभी संक्रमितों का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है गुमला जिले में कोरोना संक्रमण का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है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

गृह मंत्रालय ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत ई टिकट की पुष्टि के आधार पर रेलवे स्टेशन से निवास तक यात्रियों को लाने ले जाने की अनुमति दी गई है गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे रेलवे स्टेशनों से विशेष बसे चलाने की अनुमति दी गई है जहां सार्वजनिक या निजी परिवहन उपलब्ध नहीं है गढ़वा के तीन मजदूरों की कल नागपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई हादसे में घायल सत्रह मजदूरो को गढ़वा लाकर सदर अस्पताल में क्वारेंटाइन कर इलाज किया जा रहा है ये सभी मजदूर तेलांगना राज्य के रंगारेड्डी जिले से एक वाहन पर अपने घर आ रहे थे लेकिन वाहन का टायर अचानक फट जाने की वजह से यह हादसा हो गया उधर रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित मुरपा के समीप रांची जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक खड़े वाहन में एक कार के टकरा जाने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रुप से घायल है मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में बीस और इक्कीस मई को तेज हवा के साथ बारिश तथा वज्रपात का पुर्वानुमान जारी किया है रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक एसडी कोटाल ने बताया कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात की वजह से झारखंड में भी तेज बारिश तथा वजपात की आशंका बन रही है हालांकि मौसम को लेकर एक दो दिनों में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी इधर राज्य के विभिन्न इलाकों में तापमान बढ़ने से मौसम गर्म होता जा रहा है पलामू और जमशेदपुर में कल अधिकतम तापमान चालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं रांची का तापमान सैंतीस दशमलव सात डिग्री रहा अगले चार दिनों तक तामपान में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल एचईसी परिसर में बन रहे झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि इस इंस्टीच्यूट के बेहतर इस्तेमाल को लेकर सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी साहेबगंज जिले के राजमहल में तीन दुकानों को लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में सील कर दिया गया है पूरे जिले में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव और सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है राजधानी रांची के रिम्स के गाइनी वार्ड में इलाज शुरू हो गया है